लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए श्री खांडू ने थोड़े समय के भीतर ही भूमि के मुआवजे में तेजी लाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की भूमिका की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि देशभर में भारतीय सेना द्वारा विशेष मामले के रुप में अरुणाचल को छोड़कर किसी भी भ्रमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है श्री खांडू ने लोगों से सेना एवं अर्धसैनिक बलों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपील की देशभर में आज नौवा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है भारतीय चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष दो हजार ग्यारह से प्रतिवर्ष पच्चीस जनवरी को देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रुप में मनाया जाता है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य खसतौर पर नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना है

बैठक में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और राज्य सरकार से सेना द्वारा आवश्यक सहायक पर विचार विमर्श किया गया राज्यपाल ने पांचवी माउण्टेन डिविजन द्वारा अच्छी नागरिक सैन्य संबध को बनाए रखने के लिए उनकी सराहना करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनकी ट्रुप को बधाई देने का आग्रह किया राज्यपाल ने सीमा एवं सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा पर भी बातचीत की बैठक में श्री मिश्रा ने रुपा तेंगा बोम्डिला और तवांग क्षेत्र में एक्स सर्विसमेन और वीर नारी के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमो पर भी चर्चा की राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क एवं इंटरनेट संपर्क अन्य महत्वपूर्ण घटको में से सबसे महत्वपूर्ण है नवनिर्मित जिला लेपा राडा में जन सभाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लोगों से विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य तभी विकसित हो सकती है जब किसी उद्देश्य के लिए प्रदान की गई धनराशि का सही उपयोग किया जाए और जिस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई उस पर इसका सौ प्रतिशत उपयोग किया गया हो

आम लोगों को समयबद्ध और तेज गति से अदालती सेवाएं प्रदान करने के लिए न्याय विभाग ने करीब दो लाख सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए ई अदालत सेवाएं देने का फैसला किया है इन सेवाओं के लिए लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन ई सेवा की लागत के तौर पर अदालतों के पोर्टल से उपलब्ध कराई जाने वाली तेईस प्रकार की सेवाओं पर प्रति सेवा केवल पांच रुपये वसूल किये जाएंगे एक अधिकारिक विज्ञाप्ति में कहा गया है कि अबतक सत्रह हजार जिला और अधीनस्थ न्यायालय आई टी सक्षम हो चुके है महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अमल में आने के बाद लड़कियों के प्रति समाज के नजरिया में बदलाव आया है श्रीमती गांधी बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना की वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं ये दिवस राष्ट्रीय बालिका दिवस के रुप में भी मनाया जाता है